सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार प्रदेश के तीन जिलों सहित देश भर के एक सौ जिलों में संवेग नाम से अभियान की शुरूआत करेगी इस अभियान के तहत प्रदेश से पटना गया और मधुबनी जिले का चयन किया गया है पटना के एलईडी बल्ब और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग मधुबनी के हस्तशिल्प तथा गया के हस्तकरघा उद्योग के विकास की संभावनाओं के मद्देनजर ये जिले चयनित किये गये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो नवम्बर को इस अभियान की विधिवत शुरूआत करेंगे श्री मोदी विडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से चयनित जिलों के उद्यमियों के साथ बातचीत करेंगे इसके लिए पटना और भागलपुर में तैयारियां की जा रही हैं इस दौरान कई केन्द्रीय मंत्री भी उपस्थित रहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने दो हजार सत्रह की एसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश की है हालांकि न्यायालय ने इस संबंध में कोई आदेश नहीं दिया लेकिन कहा कि परीक्षार्थियों के हित में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी या सीबीएसई नये सिरे से इसका आयोजन कर सकती है न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने कोन्द्र से इस मामले में तेरह नवम्बर तक अपना जबाव देने को कहा है गौरतलब है कि एसएससी सीजीएल की परीक्षा में कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने के बाद छात्रों ने देश भर में प्रदर्शन किया था और सुप्रीम कोर्ट में इसे रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी बिहार विधान मंडल के छब्बीस नवम्बर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में कुल पांच बैठकें होगी तीस नवम्बर तक चलने वाले सत्र के लिए संसदीय कार्य विभाग द्वारा औपचारिक कार्यक्रम जारी कर दिया गया है दोनों सदनो में पहले दिन अध्यादेश की प्रतियां सदन पटल पर रखी जायेंगी साथ ही दूसरा अनुपूरक व्यय विवरणी भी पेश किया जायेगा पच्चीस और अट्ठाईस नवम्बर को राजकीय विधेयक पारित कराये जायेंगे उनतीस नवम्बर को दूसरे अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद विवाद होगा तीस नवम्बर को गैर सरकारी सदस्यों के गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे रेलवे ने कहा है कि अधिकृत एजेंट अब तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकते हैं आईआरसीटी के ग्र्प महाप्रबंधक देवाशीष चन्द्रा ने बताया कि हाल के दिनों में रेलवे की वेबसाइट हैक कर तत्काल टिकट की कालाबाजारी का मामला सामने आने के बाद यह फैसला किया गया है उन्होंने कहा कि ऐसे एजेंटों के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान भी जारी है और देश भर से कई लोगों की गिरफ्तारी हो चूकी है उन्होंने लोगों से आईआरसीटी का एप लोड कर स्वयं टिकट बुक करने की अपील की ट्रेन में यात्रा के दौरान बार काउंसिल की तरफ से वकीलों को जारी पहचान पत्र वैध पहचान पत्र के रूप में मान्य होगा रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य के कॉलेजों में खाली पड़े तीन हजार तीन सौ पचास शिक्षकों के पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जायेगी पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के लोकार्पण समारोह में श्री कुमार ने कहा कि इसके लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन कर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षण संस्थानों की स्वायतता के लिए प्रतिबद्ध है भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों को कल से एटीएम से एक दिन में केवल बीस हजार रूपये निकालने की ही सुविधा मिलेगी बैंक ने यह बदलाव डिजीटल लेन देन को बढ़ावा देने और एटीएम धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए किया है अभी एटीएम से चालीस हजार रूपये प्रतिदिन निकालने की सुविधा है हालांकि बैंक ने कहा है कि खाताधारक यदि प्रतिदिन एटीएम से बीस हजार रूपये से अधिक रकम निकालना चाहते हैं तो उन्हें अन्य श्रेणियों के एटीएम कार्ड के लिए आवेदन करना होगा

समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद ने बताया कि पेंशन में फर्जीवाड़े की शिकायत को देखते हुए यह व्यवस्था की जा रही है उन्होंने बताया कि नवम्बर और दिसम्बर महीने में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को आधार से जोड़ने के लिए प्रखंड स्तर पर शिविर लगाये जायेंगे प्रधान सचिव ने कहा कि लाभार्थियों को हरेक तीन महीने पर भुगतान किये जाने की व्यवस्था की जा रही है प्रदेश के सूखा प्रभावित तेईस जिलों के दो सौ इकहत्तर प्रखंडों के एक लाख पचासी हजार से अधिक किसानों ने अब तक क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन किया है मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की हुई उच्चस्तरीय बैठक में संबंधित विभागों की ओर से स्थिति से निपटने के लिए चौदह सौ करोड़ रूपये की मांग की गयी मुख्य सचिव ने कहा कि जिन किसानों ने आवेदन दिया है उनकी नुकसान हुई फसल का आकलन कर तत्काल कृषि इनपुट सब्सिडी उपलब्ध करायी जायेगी माता पिता की अनदेखी के मामले की सुनवाई अब ग्राम कचहरी में भी होगी समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत वृद्वजनों के लिए कार्यरत सीनियर सिटीजन काउंसिल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया अभी तक ऐसे मामले की सुनवाई का अधिकार अनुमंडलाधिकारी को था

पटना साइबर क्राइम पर आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री द्विवेदी ने कहा कि ऐसे अपराधों की बढ रही संख्या को देखते हुए पुलिस को भी अपनी दक्षता बढ़ानी होगी उन्होंने कहा कि भविष्य में साइबर क्राइम कंट्रोल की क्षमता ही बेहतर पुलिसिंग की परख होगी मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के मुजफ्फरपुर के साहू रोड स्थित मकान की नगर निगम की इंजीनियरिंग सेल की टीम ने मापी की है अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई की गयी है प्रदेश के सभी जिलों में डेंगू के मामले सामने आये हैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक नौ सौ से अधिक मरीजों में डेंगू की प्रष्टि हो चुकी है जिसमें सबसे अधिक छह सौ अड़तीस मरीज पटना के हैं सीवान में छियासठ नालंदा में चौंतीस वैशाली में इक्कीस मुजफ्फरपुर में सोलह और गया में बारह मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है कल पीएमसीएच में तीस नये डेंगू के मरीजों की पहचान हुई इधर पीएमसीएच एनएमसीएच और आरएमआरआईएमएस में मरीजों में डेंगू की जांच के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है रोहतास जिले के चिंताओं गांव में खेल खेल में जहर पीने से एक बच्ची की मौत हो गयी जबकि चार अन्य बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गये खगड़िया के जयप्रकाश नगर स्थित अल्पावास गृह से दो युवतियों के फरार होने के मामले में गार्ड को बर्खास्त कर दिया गया है जबकि ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिस को निलंबित कर दिया गया है गया जिले के खिजरसराय थाना क्षेत्र स्थित मकसूदपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर नकली एटीएम कार्ड बनाने वाले गिरोह के तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है पटना के बाढ़ में पुलिस ने अभियान चलाकर दस हजार से अधिक बोतल शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है कैमूर जिले के भभुआ स्थित एक पिकनिक स्पॉट पर कुछ लोगों द्वारा सामूहिक रूप से शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ है वायरल वीडियो में शराब पीते सभी लोग विभिन्न सरकारी स्कूलों के शिक्षक बताये जा रहे हैं पुलिस और शिक्षा विभाग मामले की जांच कर रहा है आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति का सरेंडर कोर्ट ने चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा दैनिक जागरण की सुर्खी है अयोध्या मामले में भगवान राम को सुप्रीम कोर्ट से फिर मिली तारीख दैनिक भास्कर ने इंडोनेशिया में हुए विमान हादसे की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है अखबार लिखता है टेक ऑफ के तेरह मिनट बाद प्लेन समुद्र में गिरा भारतीय पायलट सहित सभी एक सौ अठासी लोगों की मौत प्रभात खबर ने वेस्टइंडीज पर भारत की जीत को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है रोहित का धमाका भारत ने वेस्टइंडीज को दो सौ चौबीस रनों से हराया राष्ट्रीय सहारा ने मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है बिहार देश का सभ्यता द्वार फिर से ज्ञान की भूमि बने नीतीश आज की सुर्खी है मोदी और आबे के बीच छह समझौते पर हस्ताक्षर